हमले में छह से दस आतंकियों के मारे जाने की खबर

भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया है जिसमें लगभग दस आतंकवादी और दस पाकिस्तानी सैनिक मारे गये हैं सेना की यह कार्रवाई जम्मु कश्मीर के तंगधार सेक्टर में कल रात नागरिकों पर पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के गोलीबारी के बाद की गई है सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि तंगधार सेक्टर के सामने के इलाके में जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना ने आतंकी ब्रनियादी ढांचों और आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर दिया है जनरल रावत ने कहा कि कल शाम तंगधार में आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने भारतीय सीमा चौकियों पर गोलीबारी की जिससे भारतीय पक्ष को भी नुकसान पहुंचा लेकिन सेना ने घुसपैठ का प्रयास विफल कर दिया उन्होंने कहा कि पिछले महीने पाकिस्तान ने विभिन्न सेक्टरों में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने का प्रयास किया था सेना प्रमुख ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के हटने के बाद सेना को सीमापार से लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ करने के प्रयास की सूचनाएं मिल रही हैं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान घाटी में हालात खराब करने का प्रयास कर रहा है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर तनाव बढ़ने पर सेना प्रमुख से बात की है रक्षामंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं उन्होंने सेना प्रमुख से स्थिति के बारे में उन्हें लगातार अवगत कराने को कहा है समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव और नाथनगर बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा और किशनगंज में कल होने वाले विधानसभा उपचुनाव की सभी तैयारिया पूरी कर ली गयी है मतदान के लिए कुल तीन हजार दो सौ अठावन ब्रथ बनाये गये हैं जहां बत्तीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी ब्रथों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है निर्वाचन आयोग ने तिरपन ब्रथों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है जिसमें समस्तीपुर के बीस नाथनगर के बारह सिमरी बख्तियारपुर के आठ किशनगंज के छह दरौंदा के चार और बेलहर के तीन बूथ शामिल हैं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है वहीं द्रष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ईवीएम में ब्रेल लिपि की सुविधा दी गयी है चुनाव आयोग ने शांतिप्रर्ण मतदान के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ और शून्य छह एक दो दो एक पांच आठ सात सात पर फोन किया जा सकता है समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के साथ बांका के बेलहर और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा

भागलपुर के नाथनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं

समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार प्रिंस राज और महागठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार के बीच सीधा मुकाबला है कल उपचुनाव के बाद छह महिलाओं सहित इक्यावन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जायेगी

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल राज्य के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है पटना जहानाबाद वैशाली समेत राज्य के कई हिस्से डेंगू और चिकुनगुनिया की चपेट में हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत राज्य के विभिन्न अस्पतालों में डेंगू के तीन हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है विभिन्न निजी अस्पतालों में भी डेंगू के कई मरीजों का इलाज किया जा रहा है राज्य में डेंगू और चिकुनगुनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किये हैं इसके तहत स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही विद्यालय अवधि में सभी छात्र छात्राओं को पूरे शरीर को ढकने वाले ड्रेस का उपयोग करने को कहा गया है पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने पीएमसीएच स्थित ब्लड बैंक को चौबीसों घंटे खुला रखने का निर्देश दिया है ताकि मरीजों को प्लेटलेट्स या ब्लड तुरंत उपलब्ध कराया जा सके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में राज्य के सभी अड़तीस जिलों के लिए कृषि जागरूकता महाअमियान और बीज वाहन विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इन रथों को प्रखंडों में आयोजित होने वाले प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उपादान वितरण शिविर के दौरान प्रचार प्रसार के लिए घुमाया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि इन रथों से किसानों को कृषि विभाग की ओर से रबी मौसम में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी मिल सकेगी इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार के साथ कृषि विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे केन्द्र सरकार डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम एप के नये संस्करण को कल लॉन्च करेगी केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भीम टू की औपचारिक शुरूआत करेंगे भीम एप का यह नया संस्करण पहले के मुकाबले लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा अब लोग दान देने के लिए भी इस एप का उपयोग कर पायेंगे वहीं भीम एप अब अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल ने किसानों से अधिक मुनाफे के लिए जीरो टीलेज विधि से खेती को प्रोत्साहन देने को कहा है पश्चिम चम्पारण के लालसरईया गाव में आयोजित किसान चौपाल को संबोधित करते हुए श्री जयसवाल ने कहा कि जीरो टीलेज विधि से खेती में लागत भी कम आती है चौपाल में सेंकड़ों किसानों ने भाग लिया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बेगूसराय के रमजानपुर स्थित शीतगृह में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया वहीं हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन कारखाना के निर्माण का भी निरीक्षण किया राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का राज्य में तेजी से विकास हो रहा है आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवार के मरीज की असाध्य बीमारियों का इलाज करा रहे हैं राज्यपाल आज भोजपुर में राष्ट्रीय मेगा हेल्थ कैम्प का उदघाटन कर रहे थे उपेन्द्र कुशवाहा तीसरी बार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष चुना गये है श्री क्शवाहा के निर्वाचन की घोषणा आज नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में की गयी अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के उफरैल के पास एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये वहीं जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरदाहा गांव में सुरसर नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गयी

हमले में छह से दस आतंकियों के मारे जाने की खबर